कहा अमृत महोत्सव हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने की प्रेरणा देंगे

एसटीईटी का परिणाम जारी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकज़्ट होकर लड़ रहा है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

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया

संस्कारित करता है उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है प्रधानमंत्री आज़ादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुरूआत के अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे

आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ का मतलब पचहत्तर विचार पचहत्तर उपलब्धियां और पचहत्तर कार्यों तथा संकल्पों से है जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढने की प्रेरणा देंगे

इस पर्व में शास्वत भारत की परंपरा भी है स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है श्री मोदी ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि हमारे जीवन मूल्यों और आत्म सम्मान के अतिरिक्त अंग्रेजों ने नमक पर भी हमला किया प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा इसलिए वह आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया था

उन्होंने लोगों से आगे आने और इस महोत्सव में नये विचारों के साथ योगदान देने की अपील की

अमृत महोत्सव के सिलसिले में सरकार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है इसे जन भागीदारी की भावना में जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा इस सबंध में विभिन्न गतिविधियां आज से शुरू हो रही हैं आज से ठीक पचहत्तर सप्ताह बाद पन्द्रह अगस्त दो हजार बाईस को देश स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाएगा

दांडी तक के इस फील्ड मार्च में लोग विभिन्न समूहों में शामिल हैं

फ्रीडम मार्च के दौरान संस्कृति मंत्री रात्रि विश्राम के दौरान पदयात्रियों के साथ ही ठहरेंगे गृहमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति इन समारोहों के सिलसिले में विभिन्न आयोजनों की नीति और योजनाएं तैयार करने के लिए गठित की गई है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में भी आज से विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मंडल सांस्कृतिक केन्द्र युवा कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं लवलीन निगम आकाशवाणी समाचार वर्ष दो हजार बीस के साहित्य अकादमी प्रस्कारों की आज घोषणा कर दी गयी मुजफ्फरपुर की रहने वाली साहित्यकार अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा को हिन्दी के साहित्य अकादमी प्रस्कार के लिए चुना गया है अनामिका हिन्दी साहित्य में बिहार की पहली महिला साहित्यकार हैं जिन्हें इस सम्मान के लिए चूना गया है वर्ष दो हजार चौदह में प्रकाशित टोकरी में दिगंत थेरी गाथा काव्य संग्रह बौद्ध धर्म की परम्परा में भिक्षुणियों के अस्तित्व की लड़ाई का चित्रण है वहीं मध्रबनी जिले के जयनगर निवासी कमल कांत झा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जायेगा वर्ष दो हजार सोलह में प्रकाशित उनकी रचना गाछ रूसल अछि के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा मैथिली भाषा में यह रचना मानव और पर्यावरण प्रेम के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटी ईटी का आज परिणाम जारी कर दिया अब तक इसपर न्यायालय ने रोक लगा रखी थी परीक्षा में कुल चौबीस हजार पांच सौ निन्यानवे अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं इस परीक्षा में लगभग एक लाख पचपन हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे बोर्ड ने उर्दू संस्कृत और विज्ञान को छोड़कर बारह विषयों के लिए परिणाम जारी किये हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में परीक्षा परिणाम जारी करते हुए कहा कि नौवीं और दसवी की स्कूलों में शिक्षक पात्रता के लिए सोलह हजार अड़सठ अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं श्री चौधरी ने कहा कि ये अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के सातवें चरण में शामिल होने के पात्र हैं

इस पर अब न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर पांच अप्रैल को सुनवाई होगी उन्होंने कहा कि न्यायालय की अनुमति मिलते ही चौरानवे हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु होगी

महिला दिवस की तर्ज पर चलाये जाने वाले इस अभियान के तहत अधिक से अधिक पंचायती राज प्रतिनिधियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है इधर प्रदेश में अब तक ग्यारह लाख बहत्तर हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इसमें नौ लाख तेरह हजार छह सौ सड़सठ लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि दो लाख अंठावन हजार आठ सौ तिरसठ लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है राज्य के विभिन्न टीका केन्द्रों से वरिष्ठजनों और बीमारी से ग्रस्त पैंतालीस साल से अधिक उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी जा रही है बांका के एक वरिष्ठजन ने टीका लगाने के बाद कहा कि देश में बना टीका पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने लोगों से अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगाने की अपील की

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकल सिस्टम के प्रभाव से औरंगाबाद रोहतास और कैमूर जिले में गरज के साथ हल्की बारिश हुई है

बिहार विद्यूत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने इसकी जानकारी दी गौरतलब है कि बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी ने आयोग के समक्ष बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए आवेदन दिया था आयोग ने इसे खारिज कर दिया है

कहा अमृत महोत्सव हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने की प्रेरणा देंगे

एसटीईटी का परिणाम जारी